मौसम में आए बदलाव से राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश के समाचार बीकानेर संभाग में कई जगह गिरे ओले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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने राज्यों से केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन लगाने को कहा है कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों और अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है तथा केन्द्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है

अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं जिला कलेक्टरों को उनके यहां ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाइयों की मॉनीटरिंग के लिए कहा गया है

इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा

राज्यभर में भी रामनवमी पर मंदिरों में भगवान राम का विशेष श्रंगार कर पूजा अर्चना की जा रही है कोरोना महामारी के कारण श्रद्वालुओं का प्रवेश बंद है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का अनुसरण करते हुए हमें कोविड की रोकथाम के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए

बीकानेर संभाग के जिलों में ओलावृष्टि के साथ आए तूफान से जन जीवन प्रभावित हुआ

हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में भी हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया

राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों में भी आंधी के बाद बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली इस बीच मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी और हल्की बारिश की सम्भावना जताई है